विदेशों से वापसी गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के स्वदेश आगमन और प्रस्थान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके अन्सार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जो किसी मजूबरी के कारण विदेश में हैं वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों त्रंत इलाज की आवश्यकता वालों गर्भवती महिलाओं और ब्जूर्गों को भी प्राथमिकता दी जायेगी यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा

इसके बाद जांच में नेगेटिव पाये जाने पर ही यात्रियों को घर जाने की अन्मति दी जायेगी सभी यात्रियों को आरोग्य सेत् ऐप पर भी पंजीकरण कराना होगा

मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कवायद भी श्रू की जाएगी

जीएसटी सरकार ने वस्त् और सेवा कर जीएसटी के लिए वार्षिक रिर्टन भरने की तिथि और आगे बढ़ा दी है

इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाध आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी

अफवाह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्लिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक क्मार ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि झूठी अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा

प्रदेश सरकार द्वारा चण्डीगढ़ में वाहनों को भैजकर उन्हें वापस लाया गया है सभी लोगों की पहले हरिद्वार में स्क्रीनिंग की गई स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें अपने अपने गांव रवाना किया गया

कोविड लॉकडाउन के कारण मजद्र नहीं मिल पाने पर किसान थ्रेशरों में अपने गेहूं की फसल की मड़ाई करवा रहे हैं इससे एक ओर जहां किसानों का श्रम के साथ ही समय बच रहा है वहीं मजद्रर न मिलने की समस्या का भी हल छोटे थ्रेशरों ने निकाल लिया है बागेश्वर जिले में सैंतालीस हजार दो सौ अठारह हेक्टेयर भूमि में लगभग पैंतालीस हजार किसान परिवारों दवारा काश्तकारी की जाती है